उन्होंने कहा कि यह दर्भाग्यपुर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के जरिए आज बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तोरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे इतिहास रवने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है सही कर रहा है गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है आप देखिये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रघानमंत्री थे क्या उनकी इस पहचान को आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेता जी को भिलना चाहिए था प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया महाराजा सुहेलदेव की एक सौ बारहवीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया बहराइच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल वर्वअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोडे पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफिटेरिया गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू होने वाले निर्माण कार्य लोगों को प्रेरित करेंगे और मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष दो हजार चौदह तक चौदह मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर चौबीस हो गये हैं साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके अलावा राज्य में बाईस और नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं जिनमें पर्यटन का विकास और अयोध्या तथा क्शीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश में अप्रत्याशित विकास हो सके राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगी

उन्होंने कहा कि समाज में बाल विवाह जैसी कप्रथाओं का अंत होना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार आठ सौ तिरपन रह गयी है वहीं प्रदेश में कोविड जांच का कार्य तेजी से जारी है कल एक दिन में एक लाख बीस हजार तीन सौ छियालीस नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल दो करोड़ सत्तानबे लाख तिरानबे हजार पांच सौ पन्द्रह नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस अवसर पर श्रद्वाल विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बघाई दी है प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सुबह से ही स्नान और पूजा अर्चना के लिये श्रद्वाल्ओं की भीड़ लगी है वहीं प्रदेश की अन्य नदियों में भी भक्त आज सुबह से ही स्नान दान कर रहे हैं उधर बसंत पंचमी पर आज से मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में चालीस दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव का भी श्मारम्भ हो गया वन्दावन के श्री बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में आज होली खेली गयी श्री बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ने के साथ ही ब्रज की परम्परागत होली का शुभारम्भ हो जाता है

मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें रापी नदी के बाये तट पर महायोगी ग्रू गोरक्षनाथ घाट एवं राजघाट का निर्माण और राती नदी के दाये तट पर रामघाट का निर्माण शामिल है मुख्यमंत्री ने राजघाट से गुरू गोरक्षनाथ घाट तक पक्की सडक तथा नाली निर्माण का शिलान्यास भी किया